सिंधिया इस्तीफा प्रदेश में विधायकों के लगातार इस्तीफों के बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गंभीर संकट में आ गयी है अब तक छह मंत्रियों सहित बाईस कांग्रेस विधायकों ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए हैं इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था वे कांग्रेस में अपनी अनदेखी से नाराज चल रहे थे हालांकि बाद में कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया है आज दिन भर दिल्ली से लेकर भोपाल तक राजनीतिक सरगर्मियां और बैठकों का दौर चलता रहा सबसे चौकाने वाला फैसला ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से आया जब उन्होंने कांग्रेस छोडने का ऐलान किया उनके ऐलान के बाद उनके समर्थक विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफों की झडी लग गयी देर शाम भाजपा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष एनपीप्रजापति से मिलकर उन्हें कांग्रेस से नाखुश विधायकों के इस्तीफे सौंप कर कार्यवाही की मांग की श्री प्रजापति ने पत्रकारों से कहा कि वे विधानसभा के नियमों के मुताबिक फैसला लेंगे

बाईस सदस्यों के त्यागपत्र देने से विधानसभा की प्रभावी संख्या दो सौ छह रह जाएगी किसी भी पार्टी को सदन में बहुमत सिद्व करने के लिए एक सौ चार विधायकों की जरूरत होगी सिंधिया इस्तीफा कांग्रेस के सदस्यों की संख्या सदन में अब तक एक सौ चौदह थी लेकिन इन इस्तीफों के बाद यह घटकर बयानवे रह गई है पार्टी को बहजन समाज पार्टी के दो समाजवादी पार्टी के एक और चार निर्दलीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त है लेकिन इनके इरादे भी डांवाडोल नजर आ रहे है इन्हें मिलाकर भी कांग्रेस के समर्थन में अधिकतम सौ विधायक होंगे और वह बहुमत से पांच सीटें कम रहेगी भारतीय जनता पार्टी के सदन में एक सौ सात विधायक हैं इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला और बहुजन समाजवादी पार्टी विधायक संजीव कुशवाहा ने आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में उनके निवास पर मुलाकात की बैठक के बाद श्री चौहान ने कहा कि यह होली के मौके पर भेंट हुई है जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है

ये सभी विधायक सिंधिया समर्थक बताये जाते है और बंगलुरू में रूके हुए है ये सभी विधायक ईमेल के जरिये अपने इस्तीफे पहले ही दे चुके थे

डब्ल्यूएचओ महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रिएसिस ने कहा कि अब कोरोना वायरस इतने सारे देशों में दस्तक देने के बाद यह महामारी जैसा खतरा बन गई है

स्वास्थ्य माह अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में मार्च माह को महिला स्वास्थ्य माह के रूप में मनाया जायेगा

वहीं सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल से यह अभियान शुरू होगा सभी शासकीय विभागों में कार्यरत महिला अधिकारी और कर्मचारियों का निशुल्क परीक्षण और उपचार किया जाएगा होली प्रदेश में आज रंगों का पर्व होली हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है सुबह से ही लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले मिल कर होली की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे है राजधानी भोपाल में भी चारों ओर होली की धूम है सुबह से ही हुरियारों की टोली सड़कों पर निकली और जगह जगह एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाईयां दी जा रही है कोरोना वायरस के चलते कई जिलों में लोगों से सूखी होली खेलने की अपील की गयी इसका असर आगरमालवा और सतना सहित कई जिलों में नजर आया विभिन्न शहरों में गेर निकाली गयी उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाबा महाकाल मंदिर में सबसे पहले होलिका दहन हुआ इसके बाद मंदिर परिसर में भक्तों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की शुभकामनाएं दीं आज सुबह यहां विशेष भस्म आरती भी हुई अन्य जिलों में भी होली पर्व धूमधाम से मनाये जाने के समाचार मिले है मौसम पश्चिमी विक्षोभ के चलते बन रहे चक्रवात के कारण आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश हई सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई साथ ही बिजली गिरने से जिले के धौलपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी वहीं शिवपुरी जिले में भी अचानक मौसम बदलने से ठंडक बढ़ गयी है